सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण स सबसे अधिक प्रभावित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की महाराष्ट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केरल गुजरात दिल्ली राजस्थान कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया

हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की बातचीत मुख्य रूप से इन राज्यों में अधिक से अधिक आई सी यू बेड उपलब्ध कराने और कोविड देखभाल सुविधाए बढ़ाने पर केंद्रित थी उन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया बैठक के दौरान श्री मोदी ने महामारी पर रोक लगाने के बेहतर प्रबंधन के लिए जांच तेज करने और लघु राकथाम क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर फिर बल दिया

इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की प्रधानमंत्री ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति की समोक्षा के लिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ बैठक भी को केन्द्र सरकार ने आगामी मई और जून के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण को मंजूरी प्रदान कर दी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ट्वीटर के जरिये धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और संक्रमितों के उचित इलाज के लिये अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये है उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी न रहे

प्रदेश सरकार को भारत सरकार से माध्यम से जहां जहां से ऑक्सीजन का कोटा आंवटित किया गया है वहा से जल्दी ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था की जा रही है

एयर सैपरेटर स्थापित हो जाने से प्रदेश के बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी

विभिन्न अस्पतालों में भेजे जा रहे है

राज्य में आज रात आठ बजे से कोरोना कर्फ्यू लगाया जायेगा यह कर्फ्यू आगामी सोमवार की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य किया जायेगा

श्री सहगल ने बताया कि शनिवार को कोरोना टीकाकरण कार्य जारी रहेगा सभी केन्द्रों पर टीकाकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वह कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करे और बेवजह बाहर न निकले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

अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य तजी से किया जा रहा है मुख्यमंत्री के निर्देश पर अस्पतालों में ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाये जाने की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कई लोगों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है

इसके साथ साथ छह अभिय्क्तों को भी गिरफ्तार किया गया है पकड़े गये लोगों से प्रछताछ जारी है नाका हिंडोला थाने के अन्तर्गत पकड़े गये लोगों के पास से चार मोबाइल फोन और तीन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है

पुलिस उपायुक्त देवेश पाण्डेय के मूताबिक चार लोगों को कल देर शाम लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के पास से पकड़ा गया था एडीएसपी पश्चिम राजेश श्रीवास्तव के अनुसार पकड़े गये आरोपियों में दो डॉक्टर भी शामिल है

प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमण वाले जिलों में लखनऊ प्रयागराज कानपुर नगर और वाराणसी शामिल है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक रमेश चन्द्र दिवाकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री दिवाकर औरैया जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक थे बीते सोमवार को उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी जिसके बाद उन्हें मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है आकाशवाणी केन्द्र लखनऊ के निदेशक रहे मदन मोहन सिन्हा मनूज का आज निधन हो गया

श्री सिन्हा लखनऊ के अलावा अहमदाबाद बड़ौदा और दिल्ली के आकाशवाणी प्रशिक्षण संस्थान के केन्द्र निदेशक भी रह चुके थे हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे में स्थित रिमझिम इस्पात कम्पनी लिमटिड कोरोना महामारी के दौर में मरीजों के लिये जीवन रक्षक बना हुआ है प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी कम्पनी की सराहना की सरकार ने फैक्ट्री में लगे आक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है रिमझिम इस्पात कम्पनी के निदेशक ने बताया कि सिर्फ हमीरपुर जनपद ही नहीं बल्कि कानपुर झांसी बाँदा और जालौन के अस्पतालों के लिये भी मात्र एक रुपये में आक्सीजन का भरा हुआ सिलेंडर दिया जा रहा है

बरेली में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने बरेली सिटी स्टेशन के प्लेटफार्म पर आइसोलेशन कोच खड़े किए है यह कोच आपदा के समय विपरीत स्थितियों में काम आए इस लिए तैयार किये गए हैं

इन कोचों में संक्रमित मरीज का रखने का पूरा प्रबंध किया गया गया हर कोच में पानी सेनेटाइजर बडिंग लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि जिन मरीजों को इन आइसोलेशन कोच में रखा जाए उन्हें किसी प्रकार से परेशानी न हो